प्रदेश की गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार आज शाम समाप्त हो गया प्रचार के अन्तिम दिन आज सभी प्रमुख दलों ने मतदाताओं तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज कई क्षेत्रा में पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं की वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम और विधानसभा में विपक्ष के नेता राम गोविन्द चौधरी गोरखपुर और फूलपुर संसदीय सीट के लिए प्रचार अभियान में व्यस्त रहे

निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने आर मतदान में मतदाताओं की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कई आवश्यक कदम उठाये हैं

यह उपचुनाव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर सीट से और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य क फूलपुर सीट से इस्तीफा देने के बाद कराये जा रहे हैं इलाहाबाद की फूलपुर और गोरखपुर लोकसभा क्षेत्रों में आगामी ग्यारह मार्च को होने वाले उपचुनाव के दिन सार्वजनिक अवकाश रहेगा अपर मुख्य सचिव श्रम ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दोनों लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के कारखानों दुकानों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान दिवस पर मतदान की सुविधा प्रदान करने के लिए सार्वजनिक सवेतन अवकाश देने के निर्देश दिये हैं त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी नेता बिप्लब कुमार देब ने आज राज्य के दसवें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

श्री जिष्णु देब बर्मन ने उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली

यह पहला अवसर है जब भाजपा और उसके सहयोगी आईपीएफटी ने पहली बार मुख्यमंत्री पद संभाला ह इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा अध्यक्ष अमित शाह वरिष्ठ पार्टी नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी गृहमंत्री राजनाथ सिंह पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉ जितेन्द्र सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने विजयी विधायकों को बधाई दीं उन्होंने राज्य के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी आशाएं और आकांक्षाएं पूरी होगी

श्री विप्लब देब नव गठित भाजपा आईपीएफटी गठबंधन के नेता चुने गये थे

राज्यसभा के द्विवार्षिक चनाव के लिए प्रदेश में नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला जारी है सपा सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा की सीट के लिए आज लखनऊ में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया इस मौके पर विधानसभा के सेन्ट्रल हाल में उनके साथ कन्नौज से सपा सांसद डिम्पल यादव पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेन्द्र चौधरी किरनमय नन्दा मौजूद थे इससे पूर्व बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के लिए पार्टी उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुके हैं राज्य के विधानसभा सदस्यों द्वारा दस रिक्त पदों के लिए राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन किया जाना है इसके लिए पांच मार्च को अधिसूचना जारी की गई थी सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी न राज्यसभा चुनाव के लिए अपने आठ उम्मीदवारों की सूची जारी की हैं हालांकि अभी तक किसी ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर सहयोग सम्मेलन में भाग लेने के लिए विभिन्न देशों के राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली पहुंचने लगे हैं यह सम्मेलन रविवार को होगा अब तक कई राज्याध्यक्ष और राष्ट्राध्यक्ष नई दिल्ली पहुंच गए हैं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

उच्चतम न्यायालय ने आज ऐतिहासिक फैसला सूनाते हुए लाइलाज रोगियों को इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान कर दी प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्र की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने लिविंग विल को मान्यता देने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए लाइलाज रोगियों को कुछ नियमों और प्रक्रियाओं के तहत इच्छा मृत्यु देने की अनुमति प्रदान की संविधान पीठ ने इस बारे में दिशा निर्देश भी तय किये कि अंतिम इच्छा को कौन कार्य रूप देगा और मेडिकल बोर्ड इस आधार पर इच्छा मृत्यु के लिए कहेगा सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था भी दी कि ये निर्देश इस बारे में कानून बनने तक लागू रहेगे लिविंग विल की धारणा के अंतर्गत कोई भी स्त्री या पुरूष पहले ही तय कर सकेगा कि बीमारी लाइलाज होने की हालत में उसे जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा जाना है या नहीं इस आशय की जनहित याचिका दायर करने वाले स्वैच्छिक संगठन की ओर से पेश उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने पहले न्यायालय को बताया था कि कोमा में पहुंचे रोगी अपनी इच्छा नहीं बता सकता इसलिए उन्हें मृत्यु का अधिकार मिलना चाहिए बुन्देलखंड में पर्याप्त सिंचाई के साधनों के अभाव में छोटे किसानों और भूमिहीन मजदूरों क क्षेत्र से पलायन पर केन्द्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने चिंता व्यक्त की है आज झांसी में पत्रकारों स बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कौशल विकास फूड प्रोससिंग और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से काफी हद तक इस पलायन को रोका जा सकता है बाइट बुन्देलखंड का पलायन इसलिए होता है क्योंकि यहां पर सीमान्त किसान भी मजदूरी करने जाता है जिनके पास दो एकड़ भो जमीन है उनको सिंचाई के साधन नहीं मिले हं तो खेती में उपज कम होती ह और उपज की पैदावार की जो कीमत है वो ज्यादा रहती है उसके बदले में अनाज कम आता है तो छोटे किसान भी मजदूरी करते हैं ओर भूमिहीन व्यक्ति भी मजदूरी करता है ये पलायन तब रूकेगा जब यहां कि खेती समर्थ खेती में बदल जायेगी दो तीन एकड़ की खेती भी घर चलाने लायक खती में बदल जायेगी और दूसरा जब यही पर रोजगार मिल जायेगे प्रदेश में आठ जिला पंचायत अध्यक्ष और नब्बे ब्लॉक प्रमुखों के रिक्त पदों के लिए आज वोट डाले गये ये उपचुनाव अविश्वास प्रस्ताव पारित करने अथवा त्यागपत्र देने से रिक्त हुई सीटों के लिए कराये गये इन सीटों पर आज सुबह ग्यारह बजे से दोपहर तीन बजे तक वोट डाले गये जिनमें से अधिकतम के नतीजे भी प्राप्त हो गये हैं जौनपुर में रिक्त हुई तीन ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में भाजपा न दो ब्लॉकों पर सपा को शिकस्त देते हुए कब्जा जमाया जबकि एक पर निर्दलीय प्रत्याशी विजयी हुआ है बरेली में बिथरी ब्लॉक प्रमुख पद क लिए हुए उप चुनाव में बसपा प्रत्याशी ने भाजपा प्रत्याशी को हराया है बहराइच के विकासखंड चित्तौर में रिक्त ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा प्रत्याशी चुनाव जीत गई है उधर मैनपुरी में भाजपा प्रत्याशियों को सफलता मिली है जिले की जागीर ब्लॉक प्रमुख पद पर भाजपा की ऊषा देवी ने सपा की गिरिजा देवी को मात्र दो वोटों से शिकस्त देकर इस सीट पर कब्जा किया है घिरोर में भी भाजपा प्रत्याशी सत्यपाल यादव विजयी हुये हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की निरस्त की गई परीक्षाएं दस और तेरह मार्च को कराई जायेंगी बोर्ड की सचिव नीना श्रीवास्तव ने बताया कि जो परीक्षाएं सामूहिक नकल या अन्य शिकायतों के आधार पर निरस्त की गई हैं वे अब दस और तेरह मार्च को दो पालियों में सम्पन्न कराई जायें गी राज्य सरकार ने कुशीनगर में खादी एवं ग्रामोद्योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए पचास लाख रूपये मंजूर किये हैं यह धनराशि मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए है

कुशीनगर में इस प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापित होने से क्षेत्र को कुशल जनशक्ति मिलेगी वहीं खादी से बनने वाले कपड़े अतंराष्ट्रीय मानक के अनुरूप निर्मित किये जा सकेंगे साथ ही वृहद स्तर पर रोजगार का भी सृजन होगा